प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है आज पहले नवरात्र पर मां दुर्गा के शैल पुत्री स्वरूप की पूजा की जा रही है मां दुर्गा के पांच प्रसिद्ध शक्तिपीठों चामुंडा देवी ज्वाला जी चिंतपूर्णी और नयना देवी में नवरात्र पर्व को लेकर विशेष पूजा अर्चना व हवन यज्ञ चल रहे हैं मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कांगड़ा जिले के जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र में कल अनेक स्थानों का दौरा किया उन्होंने इस क्षेत्र में मॉडल आईटीआई बीफार्मेसी और एटीआई जैसे बहुतकनीकी शिक्षण संस्थानों के लिए चयनित जमीन का निरीक्षण किया उन्होंने जनसमस्याएं भी सुनी और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया राज्यस्तरीय नलवाड़ी मेला बिलासपुर के ऐतिहासिक लूहणु मैदान में कल शुरू हुआ उद्घाटन अवसर पर बिलासपुर सदर के विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि मेलों के आयोजन से प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के साथ ही नई पीढ़ी को इस से रूबरू होने का अवसर भी मिलता है सुभाष ठाकुर ने लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना की भव्य शोभायात्रा के बाद लूहणु मैदान में उन्होंने खूंटा गाढ़ कर और बैल पूजन कर मेले का विधिवत शुभारंभ किया प्रदेश भाजपा सचिव व मीडिया प्रमुख प्रवीण कुमार शर्मा ने प्रदेश की आर्थिक बदहाली के लिए पूर्व कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है

प्रवीण शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारी भत्ते के नाम पर लाखों युवाओं के साथ घोखा किया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

हिमाचल को मिले कृषि कर्मण पुरस्कार की खबर भी सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता लिए हुए है आपका फैसला के शब्द हैं कृषि क्षेत्र में चुनौतियों से निपटने के प्रयास पंजाब केसरी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है हिमाचल में सुदृढ़ किया जाएगा पर्यटन सड़क नैटवर्क हिमाचल में चीफ व्हिप को पहली बार सरकारी सुविघायें गाड़ी घर देने की तैयारी शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है इसके लिए प्रस्ताव तैयार बजट सत्र में लाया लाएगा विघेयक अमर उजाला की सुर्खी है हाईकोर्ट ने अभिनेता जितेन्द्र के खिलाफ जांच पर लगाई रोक पंजाब केसरी के शब्द हैं जितेन्द्र के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न मामले की जांच पर रोक

राज्य के गलियारों को फांद दिल्ली पहुंची कांग्रेस की जंग शीर्षक से दैनिक न्याय सेतू लिखता हे कांग्रेस आलाकमान शीघ ही ले सकता है ठोस निर्णय वीरभद्र सिंह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को हटवाने पर अड़े आईजीएमसी रैगिंग मामले से जुड़ी खबर पर अजीत समाचार लिखता है पुलिस ने खंगाली सीसीटीवी फुटेज सिर्फ दौड़ते हुए नजर आए डॉक्टर रैंगिग व मारपीट पर कॉस एफआईआर दर्ज दिव्य हिमाचल लिखता है मंडी के अभय का गेट में तीसरा रैंक जबकि दैनिक जागरण के शब्द हैं गेट में देशमर में तीसरे स्थान पर रहे मंडी के अभय अमर उजाला की एक खबर है गोल्ड मैडलिस्ट छात्रा ने पीएचडी में प्रवेश न मिलने पर लगाया फंदा राष्ट्रपति ने किया था पुरस्कृत दैनिक जागरण अपने सम्पादकीय विकास का सच में लिखता है कि विकास का पहिया इस तरह घूमना चाहिए कि कोई भी क्षेत्र सुविधाओं से अछूता न रहे